प्रदेश में कांग्रेस की हार पर मंथन जारी जिम्मेदारों पर हो सकती है कार्रवाई

राज्य आनंद संस्थान द्वारा इस बार भी चलाया जा रहा है हर घर दिवाली अभियान

यहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संबोधित करेंगे उपचुनाव विश्लेषण राज्य में औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से उपचुनाव परिणामों का विश्लेषण शुरू हो गया है चुनावों में हार पर मंथन के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ के आवास पर आज पार्टी विधायकों की एक बैठक आयोजित हो रही है जिसमें जिलाध्यक्षों और चुनाव प्रभारियों को भी बुलाया गया है वहीं भाजपा में भी वरिष्ठ नेताओं के बीच अनौपचारिक चर्चाओं का दौर जारी है

ग्वालियर जिले की डबरा सीट से महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी उपचुनाव हार गई इसके अलावा सुमावली सीट से मंत्री एंदल सिंह कंसाना और दिमनी सीट से मंत्री गिर्राज दंडोतिया भी पराजित हुए

वोकल फॉर लोकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर त्योहारों के मौसम में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सागर सांसद राजबहादुर सिंह ने आज स्थानीय बाजार से खरीददारी कर छोटे व्यापारियों का हौसला बढ़ाया इस दौरान श्री सिंह ने लोगों से भी स्वदेशी उत्पाद अपनाने का अनुरोध किया

इस अवसर पर भोपाल स्थित केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया इस दौरान शिक्षा के महत्व और प्रचार प्रसार पर चर्चा करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के औचित्य पर चर्चा की गई

इस दौरान श्री चौहान ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ऐसे मिलावटखोरों के बारे में निर्भय होकर जानकारी दें ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके

झाबुआ से राहत की खबर है कि यहां एक भी नया मामला सामने नहीं आया है

जन आंदोलन लोक गायक प्रहलाद सिंह टिपानिया ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने और दो गज की दूरी का पालन करने की अपील की है

संस्थान के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अखिलेश अर्गल ने बताया है कि इस अभियान में संस्थान से जुड़े प्रदेश के सभी जिलों के आनंदक सहयोगी आनंद क्लब के सदस्य आम नागरिक मिलकर अथवा व्यक्तिगत स्तर पर लोगों से संपर्क करेंगे उनसे अपने आस पड़ोस में साधन विहीन घरों में दिवाली के अवसर पर कुछ न कुछ सहयोग देने की अपील करेंगें शिवपुरी में भी संस्थान द्वारा समुद्ध लोगों को जरूरतमंदों की मदद के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा उधर अशोकनगर कलेक्टर ने लोगों से अभियान को सफल बनाने की अपील की है

जिनमें पोस्टर स्लोगन फ्लैक्स परिचर्चा एवं गृह भ्रमण के माध्यम से जनजागरुकता लाई जायेगी

इसके तहत सरकार दो लाख करोड़ रुपये इन क्षेत्रों को आवंटित करेगी योजना का मकसद भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना निवेश आकर्षित करना और निर्यात बढ़ाना है

आयात ज्यादा है और निर्यात कम है इस स्थिति को बदलने के लिए यह निर्णय लिया गया है श्री जावड़ेकर ने कहा कि इससे देश में उत्पादन निर्यात और रोजगार बढ़ेगा आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण कदम है